राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की दर राष्ट्रीय औसत से हुई ज्यादा अबतक उनासी दशमलव सात दो प्रतिशत मरीज हुए स्वस्थ रेलवे ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत झारखंड सहित छह राज्यों में नौ लाख से अधिक दिहाडी मजदुरों को दिया रोजगार आइपीएल के दूसरे मैच में आज दिल्ली कैपिटल्स का सामना किंग्स इलेवन पंजाब के साथ होगा

इस विधेयक में कई तकनीकी और फाइलिंग से जुड़े आर्थिक अपराधों को संज्ञेय अपराधों की श्रेणी से हटा दिया गया है यह विधेयक भारतीय कंपनियों को विदेशी स्टॉक एक्सचेंजों में पंजीकृत कराने की अनुमति देता है और कंपनी कानून से जुड़े कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के उल्लंघन से संबंधित प्रावधानों को समाप्त करता है लोकसभा ने कल देर रात इस विधेयक को पारित किया इस विधेयक पर चर्चा के दौरान वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि कंपनी कानून के अंतर्गत विभिन्न प्रावधानों को समाप्त करने से छोटी कंपनियों पर पड़ने वाले कानूनी भार में कमी आएगी

वित्तमंत्री ने जोर देकर कहा कि धोखाधड़ी बेईमानी और जनता के हित को नुकसान पहुंचाने जैसे गंभीर अपराधों को मामलों में कोई छूट नहीं मिलेगी श्रीमती सीतारमन ने कहा कि उत्पादक संगठन के लिए एक नयी व्यवस्था होगी जिससे देश के किसान उत्पादक संगठनों को सहायता मिलेगी लोकसभा में आज विदेशी अंशदान विनियम संशोधन विधेयक राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक बाईलैटरल नेटिंग ऑफ क्वालिफाइड फाइनेंशियल कॉट्रेक्ट विधेयक और फैक्टरिंग विनियम संशोधन विधेयक पर चर्चा होने की संभावना है राज्यसभा में आज किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य संवर्धन तथा सुविधा विधेयक मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा सहमति पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण विधेयक आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कानून संशोधन विधेयक और बैंकिंग विनियम संशोधन विधेयक पर चर्चा हो सकती है भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में अपने सांसदों को आज सदन में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है आज कृषि क्षेत्र से जुड़े तीन विधेयकों को चर्चा और पारित कराने के लिए राज्य सभा में रखा जायेगा

कई विपक्षी दल इन विधेयकों का विरोध कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोर्दो ने इन विधेयकों को ऐतिहासिक और किसान हितैषी बताया है उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग और दल इन विधेयकों के बारे में किसानों को गुमराह कर रहे हैं भारत के औषधि महानियंत्रक ने कोरोना वायरस टाटा क्लस्टर्ड रेगुलेटरी इंटरस्पेस्ड शार्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स सीआरआईएसपीआर जांच को वाणिज्यिक रूप से शुरू करने की मंजूरी दे दी है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के दिशा निर्देशों के अनुसार इस जांच से कोरोना वायरस का अधिकतम सटीकता से पता चलता है इस जांच के लिए स्वदेश में विकसित तकनीक का इस्तेमाल होता है

इससे एकदम सटीक जांच हो सकने का मार्ग प्रशस्त हुआ है जिसमें आरटी पीसीआर जांच से भी कम समय लगेगा और जिसके उपकरण भी सस्ते होंगे इस तकनीक का इस्तेमाल भविष्य में अन्य रोगों की जांच के लिए भी किया जा सकेगा इस तकनीक के विकास के लिए टाटा समूह ने सीएसआईआर आईजीआई बी और आईसीएमआर के साथ मिलकर काम किया है राज्य में पिछले चौबीस घंटे में एक हजार दो सौ बाइस नए कोरोना संक्रमित मिले हैं अब संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर उनहत्तर हजार आठ सौ साठ हो गई है अच्छी बात यह है कि राज्य में संकमित हुए मरीजों के स्वस्थ होने की दर देश की औसत दर से ज्यादा हो गयी है देशभर में मरीजों के स्वस्थ होने का दर जहां अठहत्तर दशमलव छह शून्य प्रतिशत है वहीं झारखंड में स्वस्थ होने का दर उन्नासी दशमलव सात दो प्रतिशत हो गयी है अब तक पचपन हजार छह सौ संतानवें मरीज स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं कोरोना संकमण से राज्य में छह सौ पंद्रह मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है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

लोग अपने विचार नमो एप या माइगाव ओपन फोरम पर भी साझा कर सकते हैं

ये राज्य हैं बिहार झारखण्ड मध्य प्रदेश ओडिशा राजस्थान और उत्तर प्रदेश रेल मंत्री पीयूष गोयल इन परियोजनाओं की प्रगति पर कड़ी निगाह रखे हुए हैं ताकि योजना के अंतर्गत इन राज्यों के प्रवासी मजदूरों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें

रेलवे ने हर राज्य और जिले में नोडल अधिकारियों की भी नियुक्ति की है ताकि राज्य सरकारों के साथ तालमेल रखा जा सके इन परियोजनाओं के अंतर्गत रेलवे की लेवल क्रॉसिंग का निर्माण और मरम्मत पुश्तों की मरम्मत और उन्हें चौड़ा करना तथा रेलवे भूमि के किनारों को ऊंचा करके पेड़ पौधे लगाने को कार्य भी शामिल है केन्द्र ने राज्य सरकार को डीवीसी से खरीदी गई बिजली के एवज में पांच हजार छह सौ आठ करोड रूपये बकाये का भुगतान पंद्रह दिनों में करने का नोटिस दिया है केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने राज्य सरकार को भेजे र्नोटिस में कहा है कि यदि जेबीवीएनएल ने दिये गए समय में डीवीसी का बकाया भुगतान नहीं किया तो दो हजार सत्रह में हए त्रिपक्षीय समझौते की शर्तो के अनुसार राज्य सरकार के आरबीआई खाते से इस बकाये की रकम चार किस्तों में काट ली जायेगी उक्त नोटिस ऊर्जा मंत्रालय के अवर सचिव पीके सिन्हा ने ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव को भेजा है मेजे गए नोटिस में सुझाव दिया गया है कि आत्मनिर्भर भारत के तहत पावर सेक्टर में आर्थिक गतिविधि के लिए नब्बे हजार करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है राज्य सरकार चाहे तो बिजली वितरण कंपनी के माध्यम से केन्द्र सरकार के उपकम रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉरपोरेशन या पावर फाइनांस कारपोरेशन से ऋण लेकर डीवीसी पर अपनी देनदारी खत्म कर सकती है राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में चल रहे सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन जारी है कल पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाक्र के साथ उनकी वार्ता विफल हो गयी पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री ने सहायक पुलिसकर्मियों को कल आश्वासन दिया था कि उनके तीन मुद्दों पर सरकार ने सहमति जतायी है उन्होंने कहा था कि सरकार उनके मानदेय में वृद्धि करेगी तीन साल के लिए उनका अनुबंध बढ़ाया जायेगा और पुलिस में जब सीधी नियुक्ति प्रकिया होगी उसमें उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी इसके बाद भी सहायक पुलिसकर्मी नहीं माने

इसके तहत ऐसे लोग जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और उनके पास किसी प्रकार का राशन कार्ड नहीं है उन्हें एक रूपये प्रतिकिलो की दर से पांच किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराया जायेगा

कल रांची में इस योजना के शुभारंभ को लेकर उपायुक्त छविरंजन ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में आवेदन किये जा सकते हैं लोग शहरी स्थानीय निकायों जिला प्रखंड और पंचायत स्तर पर आवेदन कर सकते हैं

यह वृद्धि विश्वविद्यालय के फंड की उपलब्धता पर निर्भर करेगी यह निर्णय विश्वविद्यालय की प्रभारी कुलपति डॉक्टर कामनी कुमार की अध्यक्षता में कल वित्त समिति की हुई बैठक में लिया गया बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि लॉकडाउन के दौरान जिन कर्मचारियों ने विश्वविद्यालय में काम किया है उन्हें प्रतिदिन के हिसाब से तीस रूपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी वहीं चालक जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान काम किया है उन्हें चार सौ रूपये की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी लोहरदगा जिले में धर्म कॉलम कोड को लागू करने की मांग को लेकर आज सरना आदिवासियों ने मानव श्रृंखला बनाया मानव श्रंखला में लोहरदगा जुरिया गांव के प्रबुद्ध जनों के साथ साथ बच्चे और महिलाए भी शामिल हई मानव श्रेखला में बडी संख्या में आदिवासी समाज के लोग शामिल थे रामगढ़ जिले के उपायुक्त संदीप सिंह ने जिले के सुदूरवर्ती मांडू प्रखंड कार्यालय का कल औचक निरीक्षण किया इस दौरान उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र में महिलाओं के लिए आयोजित पोषण जागरूकता कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया इस दौरान उनके साथ जिले के अन्य प्रशासनिक पदाधिकारी भी उपस्थित थे साहिबगंज जिले में आज उपायुक्त ने पोलियो की खुराक पिलाकर तीन दिवसीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया

यूएई में खेले जा रहे आइपीएल के दूसरे मैच में आज दिल्ली कैपिटल्स की टीम का सामना किंग्स इलेवन पंजाब के साथ होगा दोनों टीमें एक बार भी आइपीएल का खिताब नहीं जीत पाई हैं ऐसे में इस दोनों टीमें टूर्नामेंट का आगाज जीत के साथ करने के लिए मैदान में उतरेंगी